ये निर्देश कृषि गतिविधियों बागवानी वित्तीय क्षेत्र और निर्माण कार्यो से संबंधित सेवाओं व उत्पादों के बारे में हैं कल जारी किये गये इस नये आदेश के अंतर्गत वन क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अन्य वन वासियों द्वारा फसल कटाई संग्रह तथा बागवानी जैसी कृषि गतिविधियों और गौण वन उत्पादों या गैर इमारती लकड़ी के प्रसंस्करण को छूट दी गई है बांस नारियल सुपारी कोको और मसालों की फसलों की कटाई प्रसंस्करण पैकेजिंग बिक्री और विपणन को भी छूट की श्रेणी में रखा गया है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां आवास वित्त कंपनियों सहित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां माइक्रो वित्तीय संस्थान और सहकारिता समितियां लॉकडाउन के दौरान कम से कम कर्मचारियों के साथ संचालन कर सकती हैं जल आपूर्ति साफ सफाई ट्रांसमिशन लाइनों दूरसंचार आप्टीकल फाइबर और केबल संबंधी गतिविधियों के संचालन की भी अनुमति दे दी गई है निर्देश प्रदेश में लॉकडाउन अवधि के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय से जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों से आने जाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी है सरकारी अनुमति वाले वाहनों को छोड़कर कोई भी वाहन कर्फ्यू के दौरान सड़कों पर नहीं आएगा लोग आपात स्थिति में ही राज्य के भीतर आ जा सकते हैं इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि उन पंचायत प्रधानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो गांवों में बाहर से आने वाले लोगों की सूचना छिपाएंगे

विद्यार्थियों को हिमाचल दूरदर्शन ज्ञानशाला कार्यक्रम के माध्यम से ये सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध रहेगी

परिवहन निगम राज्य पथ परिवहन निगम के एक प्रवक्ता ने बताया है कि निगम की सार्वजनिक परिवहन सेवाएं शुरू करने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं है उन्होंने लोगों से इस संबंध में किसी अफवाह सोशल मीडिया के संदेश और अन्य किसी माध्यम से मिली सूचना पर विश्वास न करने का आग्रह किया है प्रवक्ता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार निगम द्वारा आगामी आदेशों तक अंतर्राज्यीय और राज्यों के भीतर सार्वजनिक परिवहन सेवाएं संचालित नहीं की जा रही हैं

पैंशन का भुगतान डाक विभाग के माध्यम से लाभार्थियों के घरद्वार पर किया जा रहा है मंडी जिले में जोगिंद्रनगर के पोस्टमास्टर हरीश शर्मा ने बताया कि विभाग के कर्मचारी घर घर जाकर लाभार्थियों को पैंशन दे रहे हैं मोबाईल वैन ऊना जिले में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की सुविधा के लिए स्वैब कलेक्शन विंडो युक्त मोबाईल वैन उपलब्ध करवाई गई है मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार शर्मा ने बताया कि इस वैन के अंदर चिकित्सक और पैरा मैडिकल स्टॉफ कोरोना संदिग्ध मरीजों के सैंपल ले सकेंगे और इस दौरान उन्हें पीपीई किट्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हालांकि मास्क व ग्लबस का प्रयोग करना जरूरी है रमन कुमार शर्मा ने बताया कि वैन के माध्यम से सैंपलिंग करना चिकित्सकों व पैरा मैडिकल स्टॉफ के लिए पूरी तरह सुरक्षित है और इससे संक्रमण का भी कोई खतरा नहीं रहेगा मास्क चम्बा जिला में विभिन्न स्वंय सहायता समूहों महिला मंडलों और सिलाई अध्यापिकाओं द्वारा मास्क बनाने का कार्य किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है

उन्होंने टवीट कर कहा है कि इनका उद्देश्य बाजार में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनाये रखना बैंकों को ऋण प्रवाह में वृद्वि के लिए प्रोत्साहित करना वित्तीय दबाव कम करना और बाजारों को सामान्य कामकाज के लिए सक्षम बनाना शामिल है